लखनऊ के लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि जनपद महराजगंज की निचलौल तहसील के मधवलिया गो सदन में गो वंश के रख रखाव में लापरवाही की लगातार शिकायतें मिल रही थीं

गो सदन में पच्चीस सौ निराश्रित पश् होने की बात कही गयी थी लेकिन जांच में मौके पर नौ सौ चौवन पश ही मिले इसके अलावा जांच समिति ने निरीक्षण के दौरान यह भी पाया कि गो सदन की पांच सौ एकड़ भूमि में से अधिकारियों ने गैरकानूनी तरीके से तीन सौ अट्ठाईस एकड़ भूमि किसानों फर्म एवं अन्य व्यक्तियों को दे दी जांच में पश चारे की धनराशि के दरूपयोग की भी पृष्टिट हयी

इस बीच उज्ज्वल कुमार को महराजगंज जिले का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है प्रदेश के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह एक मकान में हुए धमाके भें तेरह लोगों की मौत हो गई दूर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित बारह लोग घायल हो गये इस बड़ी दूर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिये गये हैं आजमगढ़ की मंडल आयुक्त कनक त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम द टया ये एलपीजी सिलिण्डर फटने से हुआ हादसा लगता है जो एक तीन मंजिला इमारत में आज सुबह हआ जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि सुबह छः बजे के बाद नाश्ता बनाने के दौरान हुये विस्फोट में दो मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये और इसके मलबे में चौबीस से अधिक लोग दब गये मलबे की चपेट में स्कूल जा रहे कुछ बच्चे और राहगीर भी आ गये हमारे संवाददाता ने बताया धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर पडी और उसमें रहने वाले लोग मलबे में दब गए कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है

आजमगढ़ की मंडल आयुक्त कनक त्रिपाठी ने आकाशवाणी को बताया कि गोरखपूर और वाराणसी से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीडित परिजनों के लिए अपनी सहान्भूति व्यक्त की है और अधिकारियों से घायलों को तूरंत और हर संभव मदद प्रदान मुहैया कराने को कहा है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से अपील की है कि वे फसल काटने के बाद उसके अपशि ट यानी पराली को खेत में न जलायें मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने से भूसे के रूप में न केवल आप बेज़बान जानवरों का हक माारते हैं बल्कि पराली के साथ ही मिट्टी में मौजूद करोड़ों की संख्या में मित्र बैक्टीरिया और फफ्रद भी जल जाते हैं

मुख्यमंत्री आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रति ठान में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वि ाय पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि सम्बन्धित विभाग मिलकर किसानों को जागरूक करें और उनके बीच उस तकनीक को लोकप्रिय करें जिससे पराली जलाने की जगह वे उसे आसानी से जैविक खाद में बदल सकें इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नौ ाहरों में नदियों में हो रहे प्रद् ण को रोकने के लिये प्रदेश सरकार अभियान चलाने जा रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि द्निया के सबसे बड़े धार्भिक आयोजन प्रयागराज के कुम्म के दौरान जल और वायू प्रद्वीण रोकने का हमारा प्रयोग सफल साबित हुआ जिसकी पूरी दुनिया में सराहना हुयी मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध भी इसी कड़ी का हिस्सा है उन्होंने लोगों से इसे जन आन्दोलन बनाने का आहवान किया उच्चतम न्यायालय में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई अन्तिम चरण में पहुंचने के बीच अयोध्या में आगामी दस दिसंग्बर तक धारा एक सौ चौवालीस लागू कर दी गयी है जिलाधिकारी अनुज कुमार ज्ञा ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया अयोध्या में जिलाधिकारी के अनुमति के बिना पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगायी गयी है साथ ही असलहों के प्रदर्शन पर भी पाबंदी रहेगी अयोध्या में चौदह कोसी और पंच कोसी परिक्रमा नवम्बर में ाुरू हो रही है